प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों के बाद आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा है कि देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर हैं मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने सड़कों और गलियों की लाइट कंप्यूटर टेलीविजन पंखे फ्रिज और एसी जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा है केवल घर की बत्तियां बंद की जानी चाहिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे आज रात नौ बजे दीप या मोमबती जलाते समय अल्कोहल वाले सेनीटाइजर का इस्तेमाल न करे क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है इसके बाद राज्य का बिजली विभाग भी तैयारियों में जुट गया है

प्रधानमंत्री ने देशभर में अस्पताल पृथक वार्ड और संगरोध सुविधा निगरानी जांच और प्रशिक्षण व्यवस्था तथा तैयारियों की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने संबंधित समूहों और अधिकारियों को पीपीई मास्क दस्ताने और वेंटीलेटर जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच के लिए अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं और इलाज के लिए अस्पताल अब आयुष्मान लाभार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेंगे

उन्होंने निजी प्रयोगशाला और अस्पतालों से सक्रिय योगदान करने की अपील की विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि तेजी से बढ़ रही नोवेल कोरोना वायरस महामारी से अब तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि आवश्यक अनाज के लिए वैश्विक बाजार अच्छी तरह से आपूर्ति कर रहे हैं और कीमतें आम तौर पर कम हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम के वरिष्ठ प्रवक्ता एलिजाबेथ बायर्स ने कहा है कि अब तक खाद्य आपूर्ति पर्याप्त है और बाजार अपेक्षाकृत स्थिर हैं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

इस संबंध में कल वित्त विमाग ने आदेष जारी किया है संभावित राजस्व की कमी को देखते हुए उक्त निर्णय लिया गया है वित्त विभाग का मानना है कि पूरे देष में लॉकडाउन के कारण राजस्व वसूली में कमी की आषंका है ऐसे में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च को नियंत्रित करना जरूरी है निर्धारित आठ जरूरी खर्च के अलावा यदि कोई बहत जरूरी खर्च के लिए निकासी होगी तो संबंधित विभाग द्वारा इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी लॉकडाउन की वजह से गरीबों को परेषानी न हो इसके लिए राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना और दाल भात केन्द्रों में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है कल अपने आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कही कोई गरीब भूखा न रहे इसके लिए दाल भात केन्द्र का भी संचालन सुचारू ढंग से किया जा रहा है दीदी किचन योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को दो वक्त का भोजन सखी मंडल द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं राज्य के ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है उन्हें और अनुसूचित जाति जनजाति बिरहोर और पहाड़िया जाति के लोगों को तीन वक्त का भोजन दिया जायेगा इसके लिए राज्य सरकार ने सोलह करोड रूपये एक माह के लिए आवंटित किया है

इससे संक्रमण फैलने वाली जगहों से नमूनों की जांच के संग्रहण में पी पी ई किट का इस्तेमाल कम होगा

उपायुक्त शशि रंजन ने लोगों से आह्वान किया है कि वे घरों से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें उन्होंने कहा है कि कुछ हाट बाजारों में देखा जा रहा है कि लोग खरीदारी के समय लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं यह लापरवाही समाज के लिए घातक हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की किसी को कमी ना हो इसके लिए बोकारो जिला प्रशासन दिन रात काम कर रहा है कल उपायुक्त मुकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणापानी तथा अधिकारियों की टीम ने जिले के अति पिछड़े प्रखंड चंदनकियारी के दर्जनभर से ज्यादा गांवों का भ्रमण किया डोर टू डोर जाकर उपायुक्त ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जरूरतमन्दों को मौके पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि साधन विहीन और गरीब लोगों को डीलर द्वारा उन्हें समय पर राशन दिया जा रहा है या नही वर्तमान संकट की घड़ी में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इस पर भी विषेष ध्यान दिया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि डीलर या अन्य कोई अपने कर्तव्य के पालन में कोताही या लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गोड्डा जिले के उपायुक्त ने जिलेवासियों से एक दूसरे से पारस्परिक दूरी बनाये रखने की अपील की है सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के ईएसआई अस्पताल का उपायुक्त ए दोड्ड ने कल निरीक्षण किया

दुमका में सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में नगर थाना पुलिस ने कल पांच युवकों को हिरासत में लिया पुलिस अधीक्षक वाइएस रमेष ने बताया कि पकड़े गए सभी युवकों को पीआर बॉण्ड भरवाने के बाद देर रात छोड़ा गया उन्हें यह भी हिदायत दी गयी कि अगर वे ऐसी गलती दोहराते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जायेगा

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का को सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है